इस योजना के तहत सरकार ड्राईविंग कौशल और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देगी और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर ड्राईवरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा

योजना का उद्देश्य सड़कों व पर्यावरण सुरक्षा में सुधार के लिए व्यवसायिक वाहन चालकों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है समीक्षा बैठक मंडी ज़िले के सराज विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू की अध्यक्षता में मंडी में एक बैठक हुई इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई संजय कुंडू ने सभी अधिकारियों से सिराज इलाके के लोगों के कार्य उनके घर द्वार पर निपटाने को कहा

रामस्वरूप बैठक केंद्र ने कुल्लू के भुंतर स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार से यहां बड़े जहाज उतर सकेंगे और दिल्ली भुंतर का किराया भी कम होगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस बीच रामस्वरूप शर्मा ने कल मंडी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कीतरतपुर मनाली और पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग में चल रहे फोरलेन निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के बारे में सरकार से अध्यादेश लाने का आग्रह किया है पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राम मन्दिर मुददे का हल सभी दल मिलकर निकाल सकते हैं इससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सउदी अरब में फंसे हिमाचली युवकों को छुड़ाए जाने संबंधी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है रियाद में फंसे हिमाचली सुरक्षित दैनिक जागरण का कहना है सउदी अरब में जेले में बंद दो हिमाचली रिहा हिमाचल दस्तक और अजीत समाचार के एक जैसे शब्द हैं रियाद में सभी हिमाचली सुरक्षित दो को छुड़वाया

जबकि अमर उजाला ने लिखा है विदेश मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को दी सूचना दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है टीसीपी एक्ट से परेशान लोगों को जल्द देंगे राहत आपका फैसला के शब्द हैं संतुलित एवं समान विकास पर ध्यान देती है सरकार जबकि पंजाब केसरी लिखता है नई पीढ़ी को काम करने दें बुजुर्ग नेता अमर उजाला की एक खबर है हजारों पशुपालकों को झटका बढ़ाने के बजाय पांच रूपये घटा दिए दूध के दाम

भूमिहीन विधवाओं को आवास बनाने के लिए मिलेगी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में तीन व शहरी इलाके में दो बिस्वा जमीन देने का निर्णय संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले की खुली जांच खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है विजिलेंस ने निकाली भाजपा चार्जशीट में लगे आरोपों की फाइल इसी पत्र के अनुसार चंबा मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहते डॉक्टर जयराम सरकार के लिए कॉलेज का सुचारू संचालन बना मुसीबत प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से अमर उजाला लिखता है निजी बीएड कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी पर दो माह में लें फैसला अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय पर्यावरण की चिंता में लिखा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर किसी को प्रयास करने होंगे अगर अब भी पर्यावरण को बचाने के प्रयास नहीं किए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय निजी स्कूलों की मनमर्जी पर ब्रेक में लिखा है कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसने के लिए शिक्षा विभाग ने एक स्पेशल टीम गठित की है जो स्कूलों के लेन देन व खर्च का ब्यौरा विभाग को देगी

नमस्कार